धर्मशाला से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड़डा मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कमार ध्रमल व शांता क्मार सहित प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता र्माजूद रहेंगे प्रधानमंत्री प्रदेश की उपलब्धियों को दर्शाती प्रदर्शनियों का अवलोकन करने के बाद लाभार्थियों से संवाद करेंगे

धर्मशाला में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रदेश इस बात पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि प्रधानमंत्री एक वर्ष पूरा होने पर राज्य सरकार के कार्यो का जायजा लेने के लिए स्वय प्रदेश का दौरा कर रहे हैं कांगड़ा पुलिंस प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है

रैली स्थल पर एलसीडी व एलईडी स्कीन्स स्थापित की जा रही हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो रैली के लिए धर्मशाला पुलिस मैदान को पूरी तरह से सजाया गया है रैली प्रसारण उधर कुल्लू में जन आभार रैली का सीधा प्रसारण किया जाएगा प्रधानमंत्री के संबोधन के सीधे प्रसारण के लिए रथ मैदान में एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी और लोगों के बैठने के लिए भी उचित प्रबंध किए जा रहे हैं अरूण जेटली वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि देश में कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को लेकर पिछले चार वर्ष के दौरान नई शुरुआत की गई है नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में एक समारोह को संबोधित करते हुए अरूण जेटली ने कहा कि इस नई शुरुआत की वजह से ही भारत में सामजिक क्षेत्रों को सामुदायिक आधार पर अधिक निधियां प्राप्त हो रही हैं वैश्विक प्रणाली की तुलना में देश के स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षण संस्थानों के लिए निधियों की व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित देशों में ज्यादातर अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को बड़े पैमाने पर दान राशि प्राप्त होती है और यह धनराशि इन संस्थानों के पूर्व छात्रों से मिलती है वित्तमंत्री ने कहा कि अब देश में कुछ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी ने यही प्रयोग शुरु किया है सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है

शिक्षा मंत्री ने कहा कि संस्कृत योग और संगीत के अलावा नैतिक शिक्षा व नशे के दुष्प्रभाव को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा सुरेश भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मेधा प्रोत्साहन योजना मददगार साबित हो रही है इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया प्राधिकरण भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के प्रवेश के लिए स्कूल आधार संख्या को अनिवार्य शर्त नहीं बना सकते प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पाण्डेय ने कल नई दिल्ली में कहा कि एडमिशन के लिए आधार कार्ड की मांग करना कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और यह उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश के भी खिलाफ होगा प्राधिकरण ने स्कूलों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आधार कार्ड न होने के कारण किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित न किया जाए बैंक हड़ताल विजया और देना बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रस्तावित विलय को लेकर बैंक यूनियनों की हड़ताल के कारण आज देशभर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सेवाएं प्रभावित रहीं हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ़ बैंक यूनियंस यूएफबीयू द्वारा किया गया इस संगठन में अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ सहित बैंक कर्मचारियों के क्ल नौ संगठन शामिल हैं हालांकि निजी क्षेत्र के बैंक इस हड़ताल में शामिल नहीं रहे एक सप्ताह के भीतर यूनियन की यह दूसरी हड़ताल है इधर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बैंकों की हड़ताल से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा सोलन में बैंक कर्मियों ने बैंकों के विलय के विरोध में रोष प्रदर्शन किया बैंको के संयुक्त मोर्चा के संयोजक राजेश शाक्या ने बैंको के विलय को सरासर गलत बताया सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है धर्मशाला की राजकीय उच्च पाठशाला केटलु में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा वह शक्ति है जो हमें आत्मनिर्भर बनाने व नई संभावनाओं के अवसर प्रदान करने में सहायक होती है

इससे रजोल मकरोटी व केटलु क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था में सुधार होगा इस अवसर पर उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया